अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार अब इसके लिये किसी भी आवेदक को राजधानी आने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपना आवेदन सीधे संबंधित जिले के जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा आपराधिक मामले की वापसी के लिये जिला और राज्य स्तरीय समिति के गठन के साथ ही प्रकरण वापसी की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संचालक लोक अभियोजन को संयोजक एवं नोडल एजेंसी घोषित किया गया है मंत्रिपरिषद की बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सत्ता परिर्वतन के साथ ही बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है श्री सिंह ने कहा कि गत दिनों राजधानी भोपाल में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव तथा इंदौर में करोबारी संदीप अग्रवाल और मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की भीड़भाड़ वाले इलाके में हई हत्या इसबात का सब्रत है उन्होंने कहा कि नई सरकार कानून व्यवस्था का राज कायम रखने में असमर्थ है श्री सिंह ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कल सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन घटनाओं की निंदा करते हुये पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिये है कि दोनों हत्या कांड की शीघ्र जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है उसमें किसी प्रकार के अपराधी के लिये कोई रियायत नहीं है दोषी कितना भी बड़ा हो उसे बक्शा नहीं जायेगा

योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा उत्पादकता की सीमा तक सोयाबीन तथा मक्का मण्डियों में विक्रय किये जाने पर बोनस राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देष जारी कर दिये गये हैं ट्रेन आज से इन्दौर से दिल्ली और बीकानेर के लिए दो नई ट्रेनों की शुरूआत हो रही है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज शाम इन्दौर में इन ट्रेनों का शुभारंभ करेंगी इसके पूर्व श्रीमती महाजन केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थांवरचंद गेहलोत के साथ महू से हेरीटेज रेलवे लाईन का अवलोकन भी करेंगी आकाशवाणी समाचार कार्यशाला प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश में मोबाइल पत्रकारिता पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई इस कार्यशाला में काठमाण्डू में पदस्थ प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजकुमार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाताओं को मोबाइल जर्नलिज्म से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया गया

दिल्ली में दूरदर्शन समाचार के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वसनीयता हमारी धरोहर है बदलते वक्त के साथ मोबाइल ने पत्रकारिता को आसान कर दिया है नई तकनीक से आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता भी मोबाइल के जरिये द्वत गति से समाचार भेज सकते हैं इससे विश्वसनीयता के साथ हम नये आयाम गढ़ सकते हैं आकाशवाणी भोपाल के समाचार प्रमुख संजीव शर्मा ने कार्यशाला में शामिल हुये अधिकारियों और संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन की उम्मीद जताई

सम्मेलन में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल होंगे